सोलहवीं लोकसभा का अंतिम सत्र कल सम्पन्न राज्यसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार एन डी ए सरकार ने रफाल विमान सौदा यू पी ए सरकार की तुलना में दो दशमलव आठ छह प्रतिशत कम कीमत पर किया

दो हजार उन्नीस के आम चुनाव के पहले अंतिम बार लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की कई उपलथियां गिनाई उन्होंने कहा कि केन्द्र में बहुमत वाली सरकार के कारण विश्व में भारत ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है

तीस साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है जब उस देश का नेता जिसके पास प्रर्ण बहुकत होता है वो जब दूनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मेनडेट है और उसकी अपनी एक ताकत है इस बार मैने पांचों साल अनुभव किया है कि विश्व में देश का एक स्थान बना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आत्मविश्वास अब तक के चरम पर है जो सकारात्मक लक्षण है उन्होंने कहा कि जब पूरी द्वनिया जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रही है तब भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कर बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी सोलहवीं लोकसभा पर गर्व महसूस करेगा क्योंकि इस सदन में सबसे अधिक महिला सदस्य च्नकर आई थीं यह सोलहवीं लोकसभा इस बात के लिये भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड है

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इसी लोकसभा में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कानून के साथ साथ वस्तु और सेवा कर जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए वस्तु और सेवा कर को सदन में पारित करने के समय दलगत भावना से ऊपर उठकर सहयोग का अनूठा उदाहरण पेश हुआ था कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति लोक जनशक्ति पार्टी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भी सदन में अपने विचार रखे और सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के प्रति आभार व्यक्त किया समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने सबको साथ लेकर चलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की अपने सदन को बहुत अच्छे से चलाने के लिये मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर चलने का पूरा प्रयास किया मै चाहता हूं मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पहले अपने अंतिम संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि उन्होंने संसदीय गरिमा के साथ सदन को चलाने का प्रयास किया हमने मिलकर देररात बैठकर इस पवित्र सदन में देश के हितों के मुद्दे पर अनेक बार चर्चाएं की एक दूसरे के विचार सुने उत्तम निष्कर्ष निकाले एवं कई परिवर्तनकारी विधानों का निर्माण किया सभा ने कई ऐसे फैसले लिये जिससे नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है उपाध्यक्ष एम तम्बीदुरई ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सराहना की संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन कल राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई

कल नई दिल्ली में क्रेडाई यूथकॉन उन्नीस में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के दशकों पुराने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्व है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग डेढ़ करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं जिसमें से लगभग पन्द्रह लाख घर शहरी गरीबों के लिये बनाये जा चुके हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एन डी ए सरकार ने यू पी ए सरकार के सौदे की तुलना में दो दशमलव आठ छह प्रतिशत कम कीमत पर फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया संसद के दोनों सदनों में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि दो हजार पन्द्रह में छत्तीस विमानों की खरीद की बातचीत के दौरान बायुसेना उप प्रमुख के नेतृत्व में भारतीय वार्ता दल आई एन टी ने रफाल विमानों की संख्या कम करने का प्रस्ताव रखा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक सौ छबीस विमानों का जो सौदा किया था उसकी तुलना में नये अनुबंध के अंतर्गत भारत ने सत्रह दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत धन की बचत की है केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि रफाल के बारे में सीएजी की रिपोर्ट से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के झूठ का पर्दाफाश हो गया है यह विलकुल स्पष्ट हो गया जो प्रतिदिन एक झूठ बोला जाता है झूठ बोलने वालों का सर पूरे देश के सामने शर्म से झूक जाना चाहिये हर ट्रांजैक्शन में एयरफोर्स ने सरकार के मंत्रालय के अधिकारी बैठते हैं बड़ी कमेटी होती हैं यह आवश्यक नहीं कि अगर दस लोग बैठते हैं तो दस में हर एक का एक ही मत होगा लेकिन अंतिम निर्णय जो सरकार का होता है वो एक होता है अगर हर व्यक्ति हां में हां मिला ले तो तब तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं होगा इससे पहले उन्होंने ट्वीटर पर कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय गलत है सीएजी गलत है और केवल परिवार ही सही है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसार खुद को ढालते रहें नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती हैं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार रखे जाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल प्रयागराज कुंभ में संगम में डुबकी लगाई इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा साधु संत मौजूद थे

पावन संगम में डुबकी लगाने के बाद श्री शाह ने गंगा आरती की तथा बड़े हनुमान जी और किला स्थित मूल अक्षय वट एवं सरस्वती कूप के दर्शन किये श्री शाह ने कुंभ भ्रमण के दौरान अखाड़ों के प्रतिनिधियों और बड़े संतों के साथ मुलाकात भी की जिनमें परमार्थ निकेतन के के स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज और स्वामी रामदेव शामिल है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मृख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने और सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के मामले को लेकर कल दूसरे दिन भी विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित कर दी गई सदस्य श्री यादव को हवाई अड्डे पर रोके जाने और प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अखिलेश यादव को रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की इस पर अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने के लिये कहा इस पर सपा और बसपा के सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आ गये और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे अध्यक्ष ने सदन को पहले आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया बाद में इसे दोपहर बारह बजकर बीस मिनट तक बढ़ा दिया बाद में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने एक बजकर पच्चीस मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी उधर विधान परिषद में भी प्रश्नप्रहर शुरू होते ही समाजवादी पार्टी तथा बसपा और कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे जिस पर सभापति ने प्रश्नकाल के दौरान सदन को दो बार आधे आघे घंटे के लिये स्थगित कर दिया विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के चलते सभापति ने सदन को एक बजकर बारह मिनट पर आज तक के लिये स्थगित कर दिया